सेना ने केंद्र सरकार द्वारा विमान से लाये जा रहे रहे भारतीय नागरिकों की जांच के लिए जैसलमेर के सैन्य क्षेत्र में खास तौर पर एक आईसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर भी विभिन्न एयरलाईन्स के जरिए पहुंचे देशी विदेशी सैलानियों की कोरोना वायरस जांच के लिये विशेष प्रकार की स्क्रीनिंग की जा रही है

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस पीडित तीनों मरीजों की हालत में काफी सुधार हुआ है उन्होंने बताया कि कोरोना नियंत्रण कक्ष में कार्यरत एक डॉक्टर की लापरवाही बरतने पर उसे निलंबित कर दिया गया है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह निगाह रखे हुए है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोई भी केंद्रीय मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा साथ ही उन्होंने देशवासियों से अनावश्यक यात्राओं को टालने की सलाह दी प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालयों और राज्यों द्वारा सुरक्षा बरतने के हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं

भाजपा ने इस चुनाव में पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गहलोत को प्रत्याशी बनाया है राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख है

इनमें राजस्थान की तीन सीटें शामिल है

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ओपी मेहरा ने बताया कि जयपुर हेरिटेज जयपुर ग्रेटर जोधपुर उत्तर जोधपुर दक्षिण कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए आगामी पांच अप्रैल को मतदान सुबह सात से शाम पांच बजे तक कराया जायेगा जबकि सात अप्रैल को मतगणना होगी

कल विधानसभा में सहकारिता विभाग की अनुदान मांगो पर हुई बहस का जवाब देते हुए उन्होंने ये जानकारी दी श्री आंजना ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव में शिक्षा का अवरोध हटाया जायेगा

इधर कल विधानसभा में पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों पर भी बहस हुई पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने घोषणा की कि जल्द ही नई पर्यटन नीति जारी की जायेगी